लघु और सीमान्त किसानों को बोनस देने और कर्मचारियों के लिए नया वेतन आयोग बनाने का किया वादा

महिलाओं को सशक्त बनाने पर जोर

केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की मौजूदगी में जारी किये गये इस दृष्टिपत्र में पार्टी ने समुद्ध प्रदेश बनाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि राज्य में विकास की गति को और तेज करने तथा लोगों का जीवनस्तर ऊॅचा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा लागू की गई कल्याणकारी योजनायें जारी रहेंगी दृष्टिपत्र में लघु और सीमान्त किसानों को कृषक समृद्धि योजना के तहत बोनस देने हर घर से एक व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराने और सामान्य वर्ग के गरीब बच्चों को भी पहली कक्षा से पीएचडी तक की शिक्षा का खर्च वहन करने का वादा किया गया है दृष्टि पत्र में बारहवी कक्षा में पिचहत्तर प्रतिशत अंक लाने वाली छात्राओं को स्कूटी देने निवेशको को प्रोत्साहन के लिए प्रदेश में बारह नये कलस्टर विकसित करने और इंदौर ग्वालियर जबलपुर और भोपाल में सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल स्थापित करने का वादा भी किया गया है पार्टी ने दृष्टिपत्र में कर्मचारियों के लिए नया वेतन आयोग बनाने का वादा भी किया है

इसमें कहा गया है कि भाजपा सरकार ने महिलाओं को राजनैतिक और सामाजिक नेतृत्व प्रदान करने के लिए पूरा अवसर दिया है पंचायतों और स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व के लिए पचास प्रतिशत आरक्षण पहले से ही लागू है पुलिस भर्ती में भी तैतीस प्रतिशत आरक्षण का भी प्रावधान है इन्हें जारी रखने के साथ ही महिला स्वसहायता समूह को और सशक्त बनाया जायेगा समूहों को ब्याजमुक्त ऋण देने के साथ ही मुख्यमंत्री कौशल योजना के तहत प्रतिवर्ष तीन लाख से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित किया जायेगा महिला सुरक्षा के लिए और भी प्रभावी कदम उठाये जायेंगे संकल्प पत्र में महिलाओं को शहरी परिवहन में रियायत देने और साठ वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को निःशुल्क यात्रा का वादा भी किया गया है शिवराज बयान मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश सरकार का प्रमुख लक्ष्य गरीबों को बुनियादी जरूरतों को पूरा करना और इसके लिए उन्हे रोटी कपड़ा मकान सुनिश्चित करना है श्री चौहान ने आज भोपाल में पार्टी का दृष्टिपत्र जारी करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि दो हजार बाइस तक सभी गरीबों को पक्का मकान उपलब्ध कराना सस्ती बिजली और अनाज देना सरकार की मुख्य प्राथमिकता है उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों में प्रदेश को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाना उनकी प्राथमिकता थी जिसमें वे सफल रहे हैं श्री चौहान ने कहा कि अब हमारा संकल्प प्रदेश को समृद्धिशाली राज्य बनाना है

पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भोपाल में संवाददाताओं से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में जहां एक ओर किसानों के दो लाख तक का कर्जा माफ करने का वादा किया है वहीं भाजपा के दृष्टिपत्र में किसानों के प्रति कोई खास चिन्ता दिखाई नहीं देती उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए रोजगार और मजदूरों के सवालों पर भाजपा पूरी तरह मौन है शिक्षा और औद्योगिक क्षेत्र में भी भाजपा सरकार की कोई उपलब्धि नही है कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि महिलाओं के लिए अलग से संकल्प पत्र लाना भी यह दर्शाता है कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा और उनके प्रति अपराधों को रोकने में विफल रही है इसीलिए वह अलग से संकल्प पत्र लेकर आई है

इसी कडी में वरिष्ठ नागरिक कल्याण एवं स्वाभिमान संरक्षण मंच संस्था द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल और जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर रीवा को एक ज्ञापन सौंपा गया

ये बीमारू राज्य की श्रेणी से उभरकर विकसित राज्यों की कतार में खड़ा हो गया है उन्होंने आज भोपाल में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि दो हजार तीन तक कांग्रेस के दस साल के कुशासन मे प्रदेश बिजली पानी सड़क जैसी बुनियादी समस्याओं से जूझ रहा था भाजपा के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती इन समस्याओं से प्रदेश को उबारने की थी जिसमें वह सफल रही है उन्होंने प्रदेश की आर्थिक विकास दर दस प्रतिशत और कृषि विकास दर बीस प्रतिशत पहुंचने को उल्लेखनीय उपलब्धि बताया श्री जेटली ने एक सवाल के जवाब में कहा कि नोटबंदी से जहां कालेधन पर अंकृश लगा है वहीं करदाताओं की संख्या भी बढ़ी है जिससे राजस्व बढ़ा है उन्होंने कहा कि केन्द्र की कुल आय का बयालीस प्रतिशत हिस्सा राज्यों का होता है इससे विकासकायों के साथ ही सरकारी योजनाओं पर पहले से कहीं अधिक राशि अब खर्च की जा रही है

वे इस दौरान छिंदवाड़ा और इन्दौर में चुनावी सभाओं को संबोधित करेगें जबकि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी उन्नीस नवम्बर को राज्य के दौरे पर रहेंगे

वे यहां पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करेगें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नीमच मंदसौर शाजापुर और सीहोर जिले की विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित किया वहीं पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह नें बालाघाट जिले की बैहर विधानसभा क्षेत्र में जनसभायें कीं जबकि कांग्रेस की ओर से प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कटनी जिले की बहोरीबंद जबलपुर पनागर लखनादौन में चुनावी सभाओं को संबोधित किया वहीं नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह विन्ध्य क्षेत्र की मैहर बांधवगढ़ नागौद रैगॉव चित्रकूट और रामपुर बघेलान विधानसभा क्षेत्र में सभायें कीं

साथ ही मतदाताओं को जागरुक करने के लिए गतिविधियां तेज हो गई हैं हमारे उमरिया संवाददाता ने बताया है कि मतदाताओं को वालपेण्टिंग के जरिए जागरुक किया जा रहा है

विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आगर मालवा जिले में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट को प्रतिबंधित किया गया है